राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है

विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए समी सदस्यों से आग्रह किया कि वे कोरोना महामारी के दृष्टिगत केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए जनहित के मुद्दों पर चर्चा करें उन्होंने सदस्यों से सदन को संचालित करने में पूर्ण सहयोग की भी अपील की है

इस दौरान कोरोना महामारी और सेब सहित अन्य ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होने की संमावना है

इसी के चलते सरकार ने मॉनसून सत्र में बैठके बढ़ाई हैं

हाईकोर्ट हिमाचल प्रदेश में स्नातक स्तर की परीक्षाएं अब पूर्व निर्घारित कार्यकम के अनुसार ही होंगी प्रदेश उच्च न्यायालय ने इन परीक्षाओं को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार करवाने की इजाज़त दे दी है ये इजाज़त इस मामले पर आज हाईकोर्ट में हई सुनवाई के बाद अदालत ने दी इस संबंध में प्रदेश विश्वविद्यालय ने हाईकोर्ट में एक प्रनर्विचार याचिका डाली थी जिस पर अदालत ने आज सुनवाई की और ये फैसला सुनाया इस बीच प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य सिकंदर कुमार ने कहा कि अब स्नातक स्तर की परीक्षाएं पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी

इनके लिए डेटशीट अलग से विश्वविद्यालय के पोर्टल पर और समाचार माध्यमों से विद्यार्थियों तथा अभिभावकों को उपलब्ध करवाई जाएगी

प्रशांत ठाकुर की शहादत की सूचना मिलते ही पूरा इलाका शोक की लहर में डूब गया प्रशांत ठाकर की शहादत की सूचना मिलने पर आज राज्य सैनिक वैल्फेयर बोर्ड के उप निदेशक सेवानिवृत मेजर दीपक धवन ने शहीद के घर पहुंचकर परिवार को सांत्वना दी सांसद सुरेश कश्यप और स्थानीय विधायक विनय कुमार ने भी शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताई है शहीद प्रशांत ठाकुर का पार्थिव शरीर कल तक उनके पैतृक गाव पहुंचने की संभावना है वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज और कृषि मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि उना जिला में चाय और कॉफी उत्पादन के लिए वातावरण काफी अनुकूल है ऐसे में कूटलैहड़ विधानसभ क्षेत्र के कोठियां में किसानों को चाय व कॉफी की पैदावार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि उन्हें आर्थिक रूप से ज्यादा सम्पन्न बनाया जा सके बिकम ठाकुर उद्योग व परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कामगारों का आहवान किया है कि वह सरकार द्वारा उनके कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाएं ताकि सरकार के प्रयास सफल हो सकें

विकम ठाकुर आज जस्वां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के मनियाला में प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे